राज्य पथ परिवहन निगम के हर डिपो को चरणबद्व ढंग से दी जाएंगी नई बसें

महेन्द्र सिंह केन्द्र सरकार पहाड़ी राज्यों में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं के लिए एक बार फिर नब्बे दस के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज शिमला में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि केन्द्र ने पेयजल संबंधी प्रस्तावों को हर घर में नल से जल योजना के तहत शामिल करने का आश्वासन भी दिया है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमालयी राज्यों की जून माह में नई दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ इन मांगों को उठाया था उन्होंने बताया कि योजना के तहत हर घर को पेयजल उपलब्ध करवाने में सराहनीय कार्य करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा गोविंद राज्य पथ परिवहन निगम के हर डिपो के लिए अब चरणबद्व ढंग से नई बसें दी जाएंगी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र आज केलंग में निगम की कार्यशाला का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही गोविंद ठाक्र ने कहा कि बसों में लोगों की भीड़ कम करने के लिए निगम ने दो सौ नई बसें खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है

सोलन के ज़िला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरके दरोच ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति अपने दस्तावेज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास पर विशेष बल दे रही है

इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया सब्जी उत्पादन कांगड़ा जिले में बैजनाथ उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र छोटा व बड़ा भंगाल में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन से किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है जिला कृषि अधिकारी कुलदीप धीमान ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को परम्परागत फसलों से नकदी फसलों और बेमौसमी सब्जी उत्पादन की ओर प्रेरित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण भी दिया गया है

विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है

विपिन परमार हिमाचल ने पैरासिटिक वॉर्मज और सॉलिड ट्रांसमिटेड फॉलो अप सर्वेक्षण में विश्व भर में पहला स्थान हासिल किया है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कल शिमला में सर्वेक्षण की रिपोर्ट व निष्कर्षो की जानकारी देने के लिए आयोजित समारोह में ये बात कही उन्होंने डिवॉर्मिंग कार्यकम से जुड़े विभागों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि सभी सम्बद्ध विभागों के प्रयासों से ही प्रदेश में मिशन मोड पर डिवार्मिंग अभियान सफल हुआ है

कीमतों में यह कटौती अंतरराष्ट्रीय मूल्य घटने के कारण हुई है

मौसम प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

विभाग ने हमीरपुर बिलासपुर कांगड़ा मंडी उना सोलन शिमला और सिरमौर जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है भवन गिरा इस बीच चंबा जिले की चुराह घाटी में भारी वर्षा से कल्हेल खंड के कंगेला प्राथमिक स्कूल पर पहाड़ी दरकने से स्कूल भवन को नुकसान पहुंचा है

स्थानीय लोगों ने बताया है कि सामान दुलाई के लिए लगाई गई क्रेन भी वर्षा से ध्वस्त हो गई है जिससे लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं लोगों के अनुसार पिछले कई वर्षों से सरकार व प्रशासन से सड़क की मांग की गई मगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है श्रावण मेले ऊना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिन्तपुर्णी में आज से श्रावण अष्टमी मेला शुरू हो गया है

मेले के लिए मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है ज़िला प्रशासन ने श्रद्वालुओं की सुरक्षा च सहायता के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए हैं